श्री मोदी सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं इस यात्रा से दोनों देशों की महत्वापूर्ण भागीदारी के और मजबूत होने की उम्मीद है

प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान सऊदी अरब में रूपे कार्ड शुरू करने के समझौते पर भी हस्ताक्षर हो सकते हैं इससे भारतीय समुदाय के साथ ही हज और उमरा पर जाने वाले लोगों को भी सुविधा हो जाएगी सऊदी अरब खाड़ी क्षेत्र का तीसरा देश होगा जहां रूपे कार्ड श्रू किया जा रहा है श्री मोदी के आग्रह पर सऊदी अरब के शाह हज यात्रियों का कोटा बढ़ाकर दो लाख करने पर राजी हो गए हैं

सतर्कता सप्ताह केन्द्रीय सतर्कता आयोग आज से दो नवम्बर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह आयोजित कर रहा है ताकि लोगों के सहयोग से सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और सत्य निष्ठा् को बढ़ावा मिल सके सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय निष्ठावान जीवन शैली रखा गया है आयोग ने कहा है कि इस विषय से समाज के सभी वर्गों विशेषकर युवाओं को नैतिक आचरण का पता चलेगा और ईमानदार मेदभाव रहित और भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाया जा सकेगा आयोग ने केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों और संगठनों को अपने अपने संस्थानों के साथ साथ अन्य लोगों तक पहंच कर भी सतर्कता सप्ताह के विषय से जुड़ी गतिविधियां आयोजित करने का अनुरोध किया है इन गतिविधियों में कर्मचारियों को सत्य निष्ठा की शपथ दिलाना सतर्कता संबंधी गतिविधियों के बारे में पैम्फलेट और पर्चे बांटना भ्रष्ट लोगों की जानकारी देना और भ्रष्टाचार रोकने के अन्य उपाय भी शामिल हैं सप्ताह के दौरान विभिन्न कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी दीपावली द्वितीय दिवस प्रदेश भर में दीपावली के दूसरे दिन आज सुहाग पड़वा और गोवर्धन पूजा के साथ ही अनेक स्थानों पर अन्नकूट उत्सव के आयोजन किये जा रहे है आगरमालवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वहां धार्मिक मान्यता के अनुसार महिलाओं द्वारा गाय के गोबर से पर्वत की आकृति बनाकर गोवर्धन पर्वत के रूप में भगवान श्रीकृष्ण की पूजा की गई माना जाता है कि आज के ही दिन भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान इन्द्र के प्रकोप से पश्धन और लोगों की रक्षा की थी इस अवसर पर ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों द्वारा पश्ञओं को आकर्षक मेंहदी लगाई गई तथा उन्हें आभूषणों व फूल मालाओं से सजाया गया

शिवपूरी में आज के दिन विभिन्न मंदिरों और घरों में अन्नकूट के आयोजन किये जा रहे है साथ ही सुहाग पड़वा के अवसर पर सुहागिन अपने अखंड सुहाग के लिये बड़े बुजुर्गो का आशीर्वाद ले रही है सतना जिले के चित्रकूट में भी आज श्रद्वालुओं का तांता लगा हुआ है यहां दीपदान की परंपरा है वहीं छतरपुर जिले के ग्रामीण अंचलो में आज लोकनृत्य मोनिया के आयोजन किए जा रहे है हिंगोट इन्दौर जिले के गौतमपुरा में दीवाली के अगले दिन हिंगोट का आयोजन किया जाता है इसमें दो प्रतिद्वंदी दल तुर्रा और कलंगी विशेष रूप से तैयार हिंगोट से आपस में युद्ध लड़ते हैं सूर्यास्त के बाद शुरू होने वाले इस खेल में करीब एक घंटे तक दोनो दल एक दूसरे पर बारूद से तैयार हिंगोट फेकते हैं इस परंपरागत आयोजन में घायल होने वाले लोगों के बढ़ती हई संख्या को देखते हए प्रशासन द्वारा विशेष सुरक्षा और चिकित्सा प्रबंध किये गये हैं साथ ही खेलने वालों को सुरक्षा के तौर पर हेलमेट पहनना भी सुनिश्चित किया गया है मौसम मौसम के बदले मिजाज के बीच पिछले चौबीस घंटों के दौरान राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की बारिश हुई भोपाल में दीपावली पर्व पर दिन भर ब्रेदाबादी का दौर चलता रहा हालांकि आज यहां धूप खिली हुई है मौसम केन्द्र के अनुसार अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में इसी तरह का मौसम बना रहेगा और कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा भी हो सकती है

मान्यता है कि इस दौरान दाऊजी मंदिर में भगवान द्वारिकाधीश अतिथि के तौर पर आते है

आगजनी में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया